प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि समाज के सबसे गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराना गरीबी उन्मूलन को दिशा में पहला कदम है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष में उनकी सरकार ने समाज के निर्धन और मध्यम वर्ग को अपना मकान देने के हरसंभव प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के शिरडी में श्री साई मंदिर परिसर में आज विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ढाई लाख से अधिक लाभान्वितों को मकान की चाबियां सौंपी लाभान्वितों से वीडियो काफ्रेंस के जरिए बातचीत में उन्होंने विजयदशमी के पावन अवसर पर लोगों के सपने साकार करने का मौका पाने पर प्रसन्नता प्रकट की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है

महाराष्ट्र में तो शिरडी जैसे आस्था से जुड़े बड़े स्थान भी और दूसरी तरफ अजंता एलोरा जैसे आकर्षक स्थान भी हैं जहां दुनिया भर को टूरिस्टज खींचे चले आते हैं आस्था आध्यारत्मा और इतिहास को युवाओं के रोजगार से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान हमने शुरू किया देश के टूरिस्ट सर्किट को आपस में जोड़ा जा रहा है वहां सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी का पार्थिव शरीर दिल्ली से कल दोपहर एक विशेष विमान से लखनऊ लाया जायेगा यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा एयर एम्बुलेंस से पूरे सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के पार्थिव शरीर को लेकर मध्यान्ह बारह बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुॅचेंगे हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य श्री तिवारी के पार्थिव शरीर को ससम्मान विधान भवन लेकर जायेंगे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के पार्थिव शरीर को विधान भवन में अन्तिम दर्शन के लिए रखा जायेगा इसके बाद कल शाम को ही श्री तिवारी का पार्थिव शरीर पंतनगर उत्तराखंड ले जाया जायेगा जहां इक्कीस अक्टूबर को उनकी अंत्यष्टि किया सम्पन्न होगी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के निधन पर बीस और इक्कीस अक्टूबर को राजकीय शोक की घोषणा की है श्री तिवारी का लम्बी बीमारी के बाद कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था श्री नारायण दत्त तिवारी का उत्तर प्रदेश से गहरा जूड़ाव और राज्य के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जायेगा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कल प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र के परेड मैदान में सौ बेड वाले केन्द्रीय सामान्य रोग चिकित्सालय के लिए भूमि पूजन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्वालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर प्रबन्ध किये गये हैं स्वच्छता बनाये रखने के लिए कुंभ मेले में एक लाख बाईस हजार शौचालय बनाये जा रहे है उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र के हर सेक्टर में अस्पताल हेल्थ पोस्ट स्थापित किये जा रहे हैं साथ ही साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण की भी उच्चस्तरीय व्यवस्था की गई है महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से कहा है कि जब भी कोई शिकायतकर्ता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर उनके पास जाए तो वे उसके तत्काल निपटारे के लिए प्रत्येक मामले की जांच करें श्रीमती गांधी ने टवीट में कहा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं अगर चाहें तो महिला आयोग के पास जा सकती हैं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

देशभर में आज विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है इस दिन को नवरात्र और दूर्गा पूजा के समापन के रूप में भी मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि यह दिन लोगों में खुशी बांटने का दिन है श्री कोविंद ने लोगों से विजय दशमी को शक्ति के प्रतिमान के रूप में मनाने का आह्वान किया है प्रदेश में भी विजयादशमी की धूम है राजधानी लखनऊ में विभिन्न स्थाना पर इस अवसर पर रामलीला के मंचन में रावण वध के बाद रावण के पुतलों का दहन किया जायेगा विजयादशमी पर्व का मुख्य आयोजन ऐशबाग रामलीला मैदान में आयोजित किया जा रहा है जहां रावण के एक सौ इक्कीस फीट ऊॅचे प्तले के साथ मेघनाद और कुंभकरण के प्तले भी जलाये जायेंगे इस अवसर पर आयोजित समारोह में राज्यपाल राम नाईक और बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे विजयादशमी के मौके पर आज कई स्थानों पर क्षत्रिय समाज की ओर से विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा भी की गयी विभिन्न स्थानों पर मेले का आयोजन किया गया है जहां खाने पीने के स्टॉल लगाये गये हैं और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं कानपुर जौनपुर हमीरपुर कुशीनगर शामली और बलरामपुर सहित विभिन्न जनपदों में भी विजयादशमी का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार हैं राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने सन्देश में उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व सद्मार्ग पर चलने एवं आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तकनीकी व्यवस्था से सीमा पर सुरक्षा और मजबूत की जाएगी आज विजयदशमी पर राजस्थान के बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के शस्त्र पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा सीमा सुरक्षा को और चुस्तस दुरुस्त् बनाने के लिए और साथ ही साथ हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों का तनाव कम हो लगातार उनको सीमा पर खड़े न रहना पड़े इसके हम तकनीकी व्यबवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं उसे बोलते हैं काम्प्रिहेन्सिव इंटीग्रेटिड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम सीआईबीएमएस शस्त्र पूजन कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ की रोकथाम के लिए सेना पुलिस और अन्य बलों क बीच समुचित तालमेल है आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मोर में सेना और अन्य सुरक्षाबल आतंकवाद से निपटने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं

इन खेलों में प्रदेश भर से स्पेशल बच्चे भाग लेंगे दो दिवसीय इन खेलों में सौ स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबले होंगे इनमें पचास और सौ मीटर की दौड़ पैदल चाल शार्टपुट साफ्टबाल सहित कई इवेंट होंगे इन खेलों की आयोजन सचिव डॉक्टर सुधा वाजपेयी ने बताया कि खेल के अलावा इन स्पेशल बच्चों के भीतर छिपे हुनर को सामने लाने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा इसमें इन बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शन के अलावा बिकी के लिए भी मौजूद रहेंगी इस मौके पर उन स्पेशल खिलाड़ियों का भी सम्मान किया जायेगा जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊॅचा किया है प्रधानमंत्री जन धन योजना देश के प्रत्येक नागरिक के पास बैंक खाता सुनिश्चित करन के लिए शुरू की गई थी प्रदेश में इस योजना के तहत बड़ी संख्या में खाते खोले गए हैं

आगरा के रहने वाले हरी बाबू बताते हैं कि खाता खुल जाने के बाद अब उनके लिए छोटी छोटी बचत करना भी आसान हो गया है